प्रदेश विधान मण्डल का संक्षिप्त मानसून सत्र आज राजधानी लखनऊ में शुरू हुआ

कार्यवाही के दौरान सामाजिक दूरी बनाये रखने के लिए सदस्यों ने मुख्य आगतुंक कक्ष और प्रेस गैलरी का भी इस्तेमाल किया

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि कोरोना परीक्षण के बिना किसी को भी सदन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही संगठित सदन ने चार वर्तमान और कई अन्य दिवंगत सदस्यों को अपनी श्रद्वांजलि अर्पित की शोक संदेश पढ़ते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदस्य श्रीमती कमल रानी वरुण चेतन चौहान वीरेन सिंह सिरोही और पारसनाथ यादव को श्रद्वांजलि दी

देश की रक्षा में अपने प्राण गंवाने वाले वीर शहीदों को भी सदन में श्रद्धांजलि दी गई इसके अलावा कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाते हुए अपना बलिदान देने वाले चिकित्सक स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों पुलिस जवान कोरोना योद्वाओं को भी श्रद्धांजलि दी गई श्रद्धांजलि के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित हो गया इस सत्र में कई बिल प्रस्तुत करने के साथ वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पहले अनुपूरक मांगों और प्रस्तुतिकरण और पालन किया जाएगा एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ विधान परिषद में सदन के दो पूर्व सदस्यों श्रीमती सुनीता चौहान और रामकृष्ण द्विवेदी के निधन पर श्रद्वाजंलि अर्पित करते हुए दो मिनट का मौन रखा गया

सदन में दो मिनट का मौन रखा

वहीं देश में सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को मिला है इंदौर ने यह पुरस्कार लगातार चौथी बार प्राप्त किया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संचालित स्वच्छता अभियान के फलस्वरूप साफ सफाई के सम्बन्ध में देश में व्यापक स्तर पर जनजागरूकता सूजित हुई है प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत मिशन का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करा रही है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगी

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़कर ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा कि इससे देश के युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी समूह ख और ग म गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की जांच और चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा संचालित करेगी इस एजेंसी में रेल मंत्रालय वित्त मंत्रालय कर्मचारी चयन आयोग रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कर्मा चयन संस्थान के प्रतिनिधि होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संयुक्त पात्रता परीक्षा संचालित करने के लिये केन्द्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हार्दिक बधाई दी है उन्होंने कहा कि केन्द्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी भर्ती की व्यवस्था की जायेगी प्रदेश के बून्देलखंड क्षेत्र के जल संसाधन के प्रबंधन की परियोजना के लिये आज लखनऊ में प्रदश सरकार तथा जल संसाधन मंत्रालय इजरायल क बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये गये

बुन्देलखंड में जल प्रबंधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक सुधार किये जाने के लिये प्लान ऑफ ऑपरेशन के द्वारा इजरायल के सहयोगियों से इंडिया इजरायल बुन्देलखंड वॉटर प्रोजेक्ट पर कार्य किया जायेगा इस परियोजना को इजरायल द्वारा विकसित किया गया है इसके अन्तर्गत उन्नत कृषि उपायों इंटीग्रेटेड ड्रिप इरीगेशन के द्वारा क्षेत्र में जल संवर्धन के कार्य किया जाना प्रस्तावित है

संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी घटकर एक दशमलव नौ शून्य पर आ गया है तीस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है

शिया चाँद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैय्यद सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि मुहर्रम का चाँद हो गया है इसलिये कल पहली मुहर्रम है और तीस अगस्त को शहादते इमाम हुसैन होगा

कोविड महामारी को रोकने के लिये प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने बताया कि इस दौरान किसी भी तरह के जुलूसों पर पाबंदी रहेगी और किसी भी प्रकार के पूजा पंडाल नहीं बनाये जायेंगे तथा चौक पर ताजिये नहीं रखे जायेंगे उन्होंने बताया कि इस दौरान लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जायेगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो गया है रूडकी के सीबीआरआई मद्रास के आईआईटी और लारसन एण्ड ट्रब्रा के इंजीनियर मंदिर निर्माण स्थल पर मिट्टी का परीक्षण कर रहे हैं